विधानसभा में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण सहित तीन विधेयक ध्वनिमत से पारित प्रधानमंत्री फिट इंडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि फिट और स्वस्थ राष्ट्र नये भारत की पहचान है आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि फिटनेस भारत में जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है लेकिन समय के साथ लोग इसके प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी के आने के साथ ही शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर आगे जाने का है फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है प्रधानमंत्री ने फिटनेस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान लोगों को इन बदलावों के लिए प्रेरित करेगा

फिट इंडिया अभियान भले की सरकार ने शुरू किया है लेकिन इसका नेतृत्व आप सभी को ही करना है देश की जनता ही इस कैंपेन को आगे बढ़ायेगी और सफलता की बुलंदी पर पहंचायेगी मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है लेकिन रिटर्न असीमित है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल समय की जरूरत है और इससे देश का स्वस्थ भविष्य होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत के नौजवान खिलाड़ियों को बधाई देने का है जो विश्व मंच पर देश के तिरंगे को लगातार नया गौरव प्रदान कर रहे हैं मेजर ध्यानचन्द की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है फिट इंडिया इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडियाकार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कम से कम एक घंटे का समय योग के लिए निकालना चाहिए

नई दिल्ली में आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में आयोजित वन मंत्रियों के सम्मेलन में वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कैम्पा और वन विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को उठाया उन्होंने प्रदेश को फोरेस्ट क्लीयरेंस एक्ट के तहत विकास परियोजनाओं को त्वरित स्वीकृतियां प्रदान करने के उदेश्य से क्षेत्रीय वन कार्यालय को देहरादून के बजाए चंडीगढ़ लाने का आग्रह भी किया गोविंद ठाकुर ने वन अपराधों और आग की घटनाओं को रोकने के लिए फील्ड अधिकारियों को किराए पर वाहन इस्तेमाल करने के प्रावधान का भी सुझाव दिया

ये बात आज उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कही उन्होंने कहा कि बहुत छोटी आयु में जो महिला विधवा होती है उसे विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है इससे पहले सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवाओं को तीन योजनाओं के तहत पेंशन दी जा रही है

इस मुद्दे पर विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और होशियार सिंह ने भी अनुपूरक सवाल पूछे

परमार ने यह भी कहा कि सरकार दैनिक भोगी कर्मचारियों को आने वाले दिनों में राहत देगी

परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लक्कड़ बाजार बस अड्डे को एचआरटीसी की ढली कर्मशाला व भूमि में स्थानांतरित करने का मामला विचाराधीन है उन्होंने कहा कि विचार विमर्श करने के बाद इसको लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा यह बात उन्होंने विधायक अनिरूद्व सिंह के सवाल के जवाब में कही इस दौरान विक्रमादित्य सिंह व नरेंद्र बरागटा ने भी अनुपूरक सवाल किए

बिक्रम सिंह जरयाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना का कार्य पूर्ण होना भारत सरकार से स्वीकृति और धन की उपलबधता पर निर्भर करेगा विधेयक पारित प्रदेश विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जूमार्ग संशोधन विधेयक प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक और प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए

उन्होंने कहा कि आज के समय में रोपवे परिवहन का नया माध्यम बना है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि अनावश्यक रूप से काम नहीं रोका जाना चाहिए यह विकास के लिए सही नहीं है

विधेयक पर चर्चा के दौरान सतापक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई

लेकिन इसमें कुछ बात छूट गई जो अधिसूचित की जानी थी और इसमें देरी हुई इसलिए इसे इस सत्र में लाया है

हाईकोर्ट में जाने से पहले कर्मचारियों को ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था जिससे त्रिस्तरीय प्रणाली आरंभ हो गई थी और कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकहित को देखते हुए इसे बंद किया जाना जरूरी था उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है तथा अर्थव्यवस्था के हित में भी अधिकरण अपेक्षित नहीं था जयराम ठाकुर ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक मकसद से वॉकआउट किया है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने सोच विचार कर ही हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण को भंग करने का निर्णय लिया है विधेयक के पारित होने से पहले विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर गए विधेयक पर चर्चा में विधायक हर्षवर्धन चौहान व सुखविंद्र सिंह सुक्खू और राकेश सिंघा ने भाग लिया